आयुर्वेद दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संपूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है आयुर्वेद दिवस के अवसर पर उन्होंने जामनगर और जयपुर में दो अत्याध्निक आय्र्वेदिक संस्थानों का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्वति का वैश्विक कैंद्र स्थापित करने के लिए चुना है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के जान को ग्रंथों शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद आज सिर्फ वैकल्पिक चिकित्सा पद्वति नहीं रह गया है बल्कि यह देश की स्वास्थ्य नीति का प्रमुख आधार बन गया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे ब्नियादी सोच यह है कि आय्र्वेदिक शिक्षा के अंतर्गत ऐलोपैथी के तौर तरीकों का ज्ञान भी अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए उन्होंने बताया कि कोरोना के प्रकोप के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग दुनियाभर में बड़ी तेजी से बढ़ी है

उन्होंने पटाखों के कम से कम उपयोग पर भी ध्यान देने को कहा है उन्होंने कहा कि इस वर्ष ईको फ्रेंडली दीपावली का त्योहार मनाने से हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपना योगदान दे सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का पर्व मर्यादा सत्य और सद्भावना का संदेश देता है

उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व अशांति पर शांति ब्राई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है

लोग सजावटी सामान और दीयों की खरीदारी कर रहे हैं इस बार सुरक्षित स्थान पर पटाख़ों की द्रकानें लगाई गई हैं प्लिस की निगरानी में पटाखों की बिक्री हो रही है प्लिस उपाधीक्षक ने बताया कि अल्मोड़ा के म्ख्य बाजार मालरोड और तीन स्थानों में प्लिस फोर्स को तैनात किया गया है उन्होंने लोगों से मास्क पहनकर खरीददारी करने और सैनेटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है प्रशासन तैयारी दीपावली पर्व को लेकर अग्निशमन विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं विभाग ने जगह जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात कर दी हैं हरिदवार के मुख्य अभ्निशमन अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निश्चित किए गए है ऐसी जगह और संवेदनशील स्थानों के पास अग्निशमन की गाड़ियां तैनात हैं भीड़भाड़ वाले इलाकों और संकरी गलियों के लिए छोटी गाड़ियां और दोपहिया वाहन भी इस बार विशेष रूप से तैनात किए गए हैं इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल ने भी आज स्थानीय बाजारों का दौरा किया उन्होंने द्रकानदारों को हिदायत दी कि वे निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की द्कानें लगाएं मिड़ी के दीये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील के बाद प्रदेश में क्म्हारों के बनाए मिट्टी दीयों की मांग बढ़ी है

लोगों की डिमांड को देखते ह्ए कारीगरों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए मिट्टी के परंपरागत दीयों के साथ ही डिजाइनर रंगबिरंगी और आकर्षक आकृति वाले दीये भी तैयार किये हैं जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है खरीदारी कर रहे लोगों का कहना है कि वोकल फॉर लोकल अभियान के कारण चीन से आये दीयों की बजाय मिट्टी के दीयों के प्रति आकर्षण बढ़ा है

कृंभ मेले में स्वच्छता के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना के क्रियान्वयन में इस धनराशि की स्वीकृति से गति मिलेगी और क्म्भ मेले में आने वाले श्रद्वालुओं को इसका लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से उत्तराखण्ड में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग दिया जा रहा है गैरसैंण कार्य योजना म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण में बनने वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थानीय स्तर पर लोगों की आर्थिकी में स्धार लाएगा साथ ही कौशल विकास की दिशा में अहम भूमिका निभायेगा

गैरसैंण में यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूएनडीपी के सहयोग से बनाया जायेगा इसमें लोगों को उद्यमिता विकास और आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थापित किये जा रहे विभिन्न रूरल ग्रोथ सेंटर भी लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की थी सुबोध उनियाल कृषि मंत्री सुंबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड को जैविक राज्य बनाने और किसानों की आय बढ़ाने से ज्ड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना में धीमी गति से कार्य हो रहा है संबंधित एजेंसियों को इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारी को अपने क्लस्टरों में जाकर कृषि कार्यों का मूल्यांकन करने को कहा गया है वे अपनी रिपोर्ट कृषि विभाग के निदेशक को सौंपेंगे सुबोध उनियाल ने कहा कि कृषि को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार की योजनाओं का फायदा आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कई स्धार किए गए हैं

देहरादून के जिलाधिकारी आशीष क्मार श्रीवास्तव ने कहा कि पहले से ही इसकी आशंका जतायी गई थी बाजारों में भीड़ बढ़ रही है साथ ही पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ी है पर्यटकों के संपर्क में आए लोग भी संक्रमित हुए हैं

जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है कोविड टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है

देश और राज्य का औसत भी तकरीबन यही है सौभाग्यवती योजना प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिश्ओं की स्वच्छता और पोषण के लिए सौभाग्यवती योजना श्रू होगी इसके तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिश्ओं को दैनिक उपयोग की सामग्री अलग अलग किटों में तैयार कर वितरित करने की व्यवस्था की जा रही है जिससे उनके स्वास्थ्य और रहन सहन को बेहतर बनाया जा सके महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने ये योजना तैयार की है मिठाइयों के सैंपल उत्तरकाशी जिले के बाजारों में विभिन्न द्कानों से आज पनीर मिठाई मावा जैसे खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए वरिष्ठ खाद्य स्रक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि उत्तरकाशी से मावा छेना और पनीर से निर्मित मिठाइयों और पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए गुड़गांव स्थित नेशनल फूड लैबोरेट्री भेजे गए हैं

अन्य जिलों में भी इस तरह के अभियान चलाये जा रहे हैं